सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अगले महीने गोआ फिल्म महोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्मों के चयन की घोषणा की है

बार बार हाथ धोना मास्कद और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्य का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है वहार हरियाणा के विभिन्न जिलो में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सतलुज यमुना लिंक नहर के मुददे पर उपवास रखा गया गुरूग्राम के सोहना पटौदी और गुरूग्राम विधानसभा के विधायक समेत अन्य कई पदाधिकारियों ने उपवास रखा बीजेपी समर्थकों और विधायकों ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री के कारण एसवाईएल के जरिए पानी नहीं मिला है उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुददे पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हरियाणा के पक्ष में आयेगा रोहतक में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल और मंगलसेन की प्रतिमा के आगे उपवास रखा उधर भिवानी यमुनानगर में भी एसवाईएल के पानी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना दिया

पंजाब के किसान भाई हरियाणा के किसानों को अगर सही में अपना छोटा भाई मानते हैं तो यह सही मौका है कि पंजाब के किसान आगे आएं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष झज्जर में किसानों व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एसवाईएल के पानी को लेकर पंश्रीराम शर्मा पार्क में सांकेतिक उपवास में भागीदारी करते हुए संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एसवाईएल का पानी आज हरियाणा के किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है साढ़े चार दशक पहले पंजाब दरियादिली दिखाते हुए प्रदेश हिस्से का पानी दे देता तो आज सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होती यह किसी दल या व्यक्ति का मुद्दा नहीं सभी हरियाणावासियों का मुद्दा है इसलिए पूरे प्रदेश में आज सत्याग्रह करते हुए भाजपा ने पंजाब के बड़े भाईयों से हमारे हिस्से का पानी मांगा है हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ हैफेड की ओर से मलावी और अन्य अफ्रीकी देशों को चावल और सरसों का तेल निर्यात करने के लिए संभावनाए तलाशी जा रही हैं यह जानकारी हैफेड के प्रबंध निदेशक डी के वोहरा ने मलावी के उच्चायुक्त जार्ज म्कोंडिवा के पंचकूला में हैफेड कार्यालय के दौरे के दौरान दी मलावी के उच्चायुक्त ने आश्वासन दिया कि चावल और सरसों के तेल के निर्यात के लिए दोनो देश आपसी सहयोग बढायेंगे जिससे लाभ होगा

फीचर फिल्मों के वर्ग में कृपाल कलिता द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रिज हिन्दी फिल्म सांड की आंख और छिछोरे गोविंद नहलानी की अंग्रेजी फिल्म अप एण्ड अप नीला माधव फिल्म प्रवास संस्कृत फिल्म नमो औश्र प्रदीप कैली पूरायत द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म सेफ शामिल है

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मेयर पद के लिए अंजू गोयल धवल प्रताप आहलूवालिया कृष्ण अग्रवाल पृष्पेन्द्र राणा ने अपने नामांकन वापिस ले लिए पंचकूला में आज बीजेपी कार्यालय में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया इस अवसर पर बीजेपी मेयर प्रत्याशी कुलभूषण गोयल जिला अध्यक्ष अजय शर्मा व अन्य भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे

नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत लगाए गए पीठासीन अधिकारियों व सहायक अधिकारियों के लिए आज अंबाला के पुलिस डीएवी स्कूल में रिहर्सल करवाई गई इस मौके पर एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी सचिन गुप्ता ने चुनाव संबंधी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने अधिकारियों के सवालों के जवाब दिये और ईवीएम मशीनों की प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी दी उन्होंने सभी अधिकारियों को चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से करवाने के निर्देश भी दिये पंचकूला नगर निगम के संयुक्त आयुक्त एवं चुनाव के स्वीप नोडल अधिकारी संयम गर्ग ने मतदाताओं से बिना किसी डर भय व लालच के अपने मतदान का प्रयोग करने की अपील की है श्री गर्ग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मतदाताओं को लोकतंत्र के महत्व को समझते हुए अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए और एक अच्छे और कर्मठ प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए

बल्लभगढ के गांव शाहपुर कलां मे महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत बेटियों का सामूहिक रूप से जन्म दिवस मनाया इस अवसर पर बेटा और बेटी में फर्क न समझने का आहवान किया गया

सिरसा पूलिस ने अवैध हथियार बरामद कर दो लोगों को गिरफतार किया है पूलिस अधीक्षक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान वैदवाला निवासी दारा सिंह व खैरपुर निवासी अमरजीत सिंह के रूप में हुई है

भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कृषि एवं किसान कल्याण बागवानी तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों को टमाटर आल और ग्वार की खेती व पशपालन के प्रति लोगों में जागरूक करने के निर्देश दिये ताकि किसान पारंपरिक खेती को छोडकर आधुनिक खेती करें ताकि उनकी आमदनी बढ़े

इस मौके पर नगर कीर्तन भी सजाया गया